और उत्तर प्रदेश तथा नेपाल से आने वाली हवा के कारण ठंड में वृद्धि

उच्चतम न्यायालय आज से अयोध्या मामले की सुनवाई शुरू करेगा शीर्ष न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दो हजार दस के उस फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं की सुनवाई करेगा जिनमें अयोध्या मंदिर मस्जिद मामले से संबंधित विवादित स्थल को तीन पक्षों में बांट दिया गया था प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजन गोगोई न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यामूर्ति केएम जोसेफ की खंडपीठ इस संबंध में दायर अनेक अपीलों की सुनवाई करेगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो नवम्बर को प्रदेश के हथकरघा और एलईडी बल्ब के उद्यमियों से बातचीत करेंगे सूक्ष्म लघ्र और मध्यम उद्योग मंत्रालय की ओर से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम के लिए पटना सिटी के हाजीगंज और भागलपुर में व्यवस्था की जा रही है उद्यमियों को कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आमंत्रण पत्र भेजा गया है प्रदेश के शहरी निकायों के वार्ड पार्षदों का मानदेय दोगुना होगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर नगर विकास और आवास विभाग ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है अब इसे कैबिनेट की स्वीकृति मिलनी बाकी है नगर निकायों के पार्षद काफी दिनों से भत्ते में वृद्धि की मांग कर रहे थे प्रस्ताव के अनुसार नगर निगम के पार्षदों को तीन हजार की जगह पांच हजार रूपये जबकि नगर परिषद के पार्षदों को डेढ़ हजार की जगह तीन हजार रूपये मिलेंगे वहीं नगर पंचायतों के पार्षदों का मानदेय एक हजार रूपये से बढ़कर दो हजार रूपये हो जायेगा केन्द्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि खेती के लिए बिजली दर बढ़ाने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है श्री सिंह ने मीडिया की उन खबरों को पूरी तरह निराधार बताया जिसमें कहा गया है कि नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत किसानों और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दर एक समान कर दी जायेगी उन्होंने कहा कि किसानों को पहले की तरह ही घरेलू उपभोक्ताओं से कम दरों पर बिजली मिलती रहेगी केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार बिजली बिल पर मिलने वाली सब्सिडी को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी के दायरे में लाना चाहती है रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन से पलामू के बीच नौ सौ उन्नीस करोड़ रूपये की लागत से नये पुल का निर्माण कराया जायेगा केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को इस संबंध में तैयार डीपीआर सौंप दिया गया है एक दशमलव सात किलोमीटर लम्बे पुल पर दो सौ चौंतीस करोड़ और पचासी किलोमीटर एप्रोच रोड के निर्माण पर छह सौ इकतालीस करोड़ रूपये खर्च होंगे इस पुल के बन जाने से डेहरी और पलामू के बीच की दूरी पैंतीस किलोमीटर तक घट जायेगी भाजपा के वरिष्ठ नेता और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद की राजनीतिक सक्रियता को न्यायालय की अवमानना बताया है उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद जेल में होने के बावजूद सोशल मीडिया के माध्यम से काफी सक्रिय हैं जो पूरी तरह अदालत की अवमानना है श्री मोदी ने कहा कि इस मामले को अदालत और सीबीआई को तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए प्रदेश के इंजीनियरिंग वेटनरी डेयरी और फिशरीज कॉलेजों में नामांकन के लिए अब अलग से परीक्षा का आयोजन नहीं होगा ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन जेईई मेंस और आईसीएआर के लिए हुई परीक्षा की मेरिट लिस्ट के आधार पर राज्य सरकार के नियमों और आरक्षण प्रावधानों के अनुसार इन कॉलेजों में नामांकन होगा नई व्यवस्था अगले शैक्षणिक सत्र से लागू हो जायेगी बिहार संयुक्त प्रवेश परीक्षा पर्षद ने इस संबंध में तैयार प्रस्ताव को सरकार की सहमति के लिए भेज दिया है पर्षद के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने बताया कि नई व्यवस्था से परीक्षार्थियों को काफी सुविधा होगी उन्होंने बताया कि कृषि की पढ़ाई में नामांकन के लिए अलग से परीक्षा नहीं लेने पर भी जल्द ही फैसला किया जायेगा बिहार कर्मचारी चयन आयोग की प्रथम इंटरस्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा दिसम्बर में होगी सभी जिलाधिकारियों ने आठ नौ और दस दिसम्बर को परीक्षा कराने की सहमति दे दी है आयोग के अध्यक्ष संजीव सिन्हा ने यह जानकारी देते हुये बताया कि राज्यभर में परीक्षा के लिए पांच सौ केन्द्र बनाये जायेंगे उन्होंने कहा कि इस संबंध में अगले एक सप्ताह में अधिसूचना जारी कर दी जायेगी उत्तर प्रदेश और नेपाल से आने वाली हवा के कारण प्रदेश में ठंड में वृद्धि हई है मौसम विभाग के अनुसार तापमान सामान्य से चार डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला गया है विभाग के अनुसार अधिकतर जगहों में रात का तापमान बीस डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है कल पन्द्रह दशमलव दो डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ गया प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा पटना का न्यूनतम तापमान उन्नीस दशमवल दो डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है पटना से अहमदाबाद के लिए आज से सीधी विमान सेवा शुरू हो जायेगी निजी विमान कम्पनी स्पाइस जेट का एक विमान अहमदाबाद से साढ़े बारह बजे उड़ान भरेगा जो जो एक बजकर पचपन मिनट पर पटना हवाई अड्डे पर उतरेगा पटना से यही विमान दो बजकर पच्चीस मिनट पर अहमदाबाद के लिए उड़ान भरेगा मुजफ्फरपुर नगर निगम के चर्चित गार्बेज ट्रिपर खरीद घोटाला मामले में नगर विकास और आवास विभाग की सिफारिश पर निगरानी जांच ब्यूरो ने मामला दर्ज कर लिया है ब्यूरो के पुलिस अधीक्षक सुबोध कुमार विश्वास को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है आरोप है कि तत्कालीन नगर आयुक्त रमेश प्रसाद रंजन के कार्यकाल में संवेदकों से मिलीभगत कर कूड़ा उठाने वाले छोटे ट्रक की खरीद में करोड़ों रूपये की हेराफेरी की गयी थी गोपालगंज जिले के क्चायकोट थाना क्षेत्र के समेकित चेकपोस्ट नेच्आ जलालपुर से पुलिस ने एक ट्रक से तीन सौ कार्टन विदेशी शराब बरामद की है मौके से चालक को गिरफ्तार किया गया है वहीं जमुई जिले के नगर थाना क्षेत्र के मंझवे गांव से उत्पाद विभाग की टीम ने दौ सौ पचहत्तर बोतल विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है गया जिले के आंती थाना क्षेत्र के मीठापुर गांव के पास एक गड्ढ़े में लगाये गये आईईडी बम को पुलिस ने एसएसबी और कोबरा बटालियन के सहयोग से निष्क्रिय कर दिया है अधिकारियों ने बताया कि यह बम काफी शक्तिशाली था एसटीएफ ने पचास हजार रूपये के इनामी अपराधी पवन साह को देवघर के बासुकीनाथ से गिरफ्तार किया है मौके से एक अन्य अपराधी को भी गिरफ्तार किया गया है दोनों के पास से आठ हथियार भी बरामद किये गये हैं पवन साह पर सुपौल और मध्रबनी जिले के विभिन्न थानों में मामले दर्ज है पूर्वी चम्पारण जिले के पिपराकोठी थाना क्षेत्र के वाटगंज में गैस टैंकर से अवैध रूप से सिलेंडर में रिफिलिंग करने के समय आग लग गयी इस दौरान सात सिलेंडरों में विस्फोट हो गया हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है नालंदा जिले में नूरसराय थाना क्षेत्र के काठ मंडल में ट्रक से कुचलकर एक दंपति की मौत हो गई दरभंगा जिले में जाले थाना क्षेत्र के जाले बाजार में अपराधियों ने एक पेट्रोल पंप कर्मी से सत्तर हजार रुपये लूट लिये पटना के गायघाट में अवैध बालू खनन में लगे तैंतीस लोगों को पुलिस और खनन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया है मौके से तीन नाव भी जब्त किये गये पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित प्रो कबड्डी लीग में पटना पायरेट्स को लगातार द्रसरी हार का सामना करना पड़ा है कल हुये मुकाबले में हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को बयालीस बत्तीस से पराजित कर दिया और अब पटना से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान लिखता है अयोध्या भूमि विवाद पर सुनवाई आज दैनिक जागरण की सुर्खी है इंजीनियरिंग वेटनरी डेयरी व फिशरीज में दाखिले को अब अलग से परीक्षा नहीं प्रभात खबर लिखता है पारिवारिक बंटवारे में मात्र सौ रूपये देकर करा सकेंगे रजिस्ट्री निबंधन विभाग ने संशोधित प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा दैनिक भास्कर ने प्रो कबड्डी लीग से जुड़ी खबर को सुर्खी दी है पटना पायरेट्स ने फिर किया निराश घरेलू मैदान पर लगातार दूसरी हार राष्ट्रीय सहारा ने मन की बात कार्यक्रम से जुड़ी खबर को पहले पन्ने पर जगह देते हुये लिखा है युद्ध न होना ही शांति नहीं पीएम आज ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के हवाले से लिखा है सब्सिडी के लिए आधार ई केवाईसी का बैंक कर सकते हैं इस्तेमाल और अब अंत में मुख्य समाचार सुप्रीम कोर्ट में आज से अयोध्या मामले पर होगी सुनवाई

और उत्तर प्रदेश तथा नेपाल से आने वाली हवा के कारण ठंड में वृद्धि